वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एण्ड प्रअर्स ने कहा भारत अगले वित्त वर्ष में दस प्रतिशत वृद्वि दर के साथ तेजी से दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा केंद्र सरकार ने लाईट हॉउस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग प्लानिंग और आर्किटेक्चर के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए शुरू किया एनरोलमेंट मॉड्यूल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

विद्यार्थियों की परीक्षा का तनाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण अगले महिने में आयोजित होगा वैश्विक संकट कोरोना के मद्देनजर इस बार यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे

उन्होंने विद्यार्थियों शिक्षकों एवं अभिभावकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है

स्टैंगडर्ड एण्ड पुअर्स ने कहा कि विनिर्माण सेवा क्षेत्र रोजगार और राजस्व में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारतीय अर्थव्यववस्था हाल के महीनों में स्थिर हो गई है वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख रूपये तक का कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा वर्तमान में पचास हजार रूपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है श्री उराव कल रांची के चान्हो में आयोजित शहीद वीर बुद्ध भगत समारोह सह विकास मेले में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष में पंद्रह लाख तक के लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने को लक्ष्य रखा गया है

इसके अलावा सत्रह हजार करोड़ रूपये से ज्यादा कर संग्रह हो सकेगा देशभर में किसानों की रिथित बेहतर करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना के फर्जी लाभार्थियों से अब पैसे वसूल किए जाएंगे राज्य सरकारों ने ऐसे तैंतीस लाख लोगों की पहचान की है जिन्होंन गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रखा है झारखंड में तेरह हजार नौ सौ एक ऐसे ही किसानों की पहचान की गई है

इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा कल रांची विश्वविद्यालय सिंडिकेट की हई बैठक में यह फैसला लिया गया राज्य सरकार से मंजूरी लेने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इसकी स्वीकृति लेनी होगी वर्तमान में रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल रांची विश्वविद्यालय से संबंद्व है

इसके लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग और कपडा मिल प्रबंधन के बीच बाईस फरवरी को करार होगा राज्य के श्रम आयुक्त ए मुथू कुमार ने बताया कि इन महिला कर्मियों को वेतन के अलावा कंपनी द्वारा आवास और भोजन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी अगले एक वर्ष में चरणबद्व तरीके से बारह हजार महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को प्रतिमाह बारह हजार रूपये मिलेंगे

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईआईटी एनआईटी इंजीनियरिंग प्लानिंग और आर्किटेक्चर के छात्रों संकाय सदस्यों और शिक्षा विद्वानों के लिए एक एनरोलमेंट मॉड्यूल की शुरुआत की है मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि रांची इंदौर राजकोट चेन्नई अगरतला और लखनऊ में लाइट हॉउस प्रोजेक्ट एलएचपी का निर्माण कार्य होना है इसी सिलसिले में यह मॉड्यूल तैयार किया गया है इससे छात्रों को देश के इन लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एलएचपी का दौरा करने में मदद मिलेगी उन्होंने बताया कि इस लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाय य के तहत शुरू किए गए ग्लोबल हाउंसिंग टेक्नोलॉजी चौलेंज इंडिया के अंतर्गत बनाया जा रहा है

टाटा स्टील ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर जिला प्रशासन को एक एम्बुलेंस प्रदान किया है टाटा स्टील के महाप्रबंधक अश्वनी कुमार ने उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सुरज कुमार को समाहरणालय परिसर में इस एम्बुलेंस की चाबी सौंपी इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस एबुलेंस से आम लोगों को जरुरत के समय काफी लाभ मिलेगा

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रुपाली मलिक चर्चा में भाग लेंगी

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्डल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि दशम फॉल तमाड़ और बुंडू थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ वाले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में अवैध अफीम की खेती की गयी है उन्होंने बताया कि हर वर्ष पुलिस अफीम की खेती नष्ट करने के लिए अभियान चलाती है लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण चोरी छिपे अफीम की खेती किया करते हैं पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती देश भर में मनाई जा रही है इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रह्लाद जोशी अर्जुन मुंडा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई नेताओं ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है अपने एक ट्वीट सन्देश में अमित शाह ने कहा कि सम्पूर्ण जगत को धर्म और अध्यात्म से प्रकाशित करने वाले रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शिक्षा व विचारों से देश को एकता के सुत्र में बांधा उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग मानवता के लिए एक प्रेरणादीप है जिसकी ज्योति अनंतकाल तक मानव जीवन को मार्गदर्शित करती रहेगी